स्लग फास्टैग प्रणाली सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि इस वर्ष दिसंबर से सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो जाएंगे फास्टैग प्रणाली में टोल प्लाजा पर टैक्स का भूगतान पहले ही इलैक्ट्रॉनिक तरीके से कर दिया जाता है अब फास्टैग युक्त वाहन सभी राष्ट्रीय राजमार्गो पर बने टोल प्लाजा पर बनी विशेष लेन से बिना रूके गुजर सकेंगे

उन्होंने कहा कि इस कानून को लागू करने के लिए मंत्रालय ने आवश्यक कदम उठाए हैं स्लग राज्यपाल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास विभाग को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये हैं आज राजभवन में उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था की प्रबंधन समिति की बैठक में राज्यपाल ने कहा कि वीर नारियों के स्वरोजगार और आर्थिक स्वावलंबन को प्राथमिकता दी जाए बैठक में पूर्व सैनिकों द्वारा पुनर्वास के लिए लिए जाने वाले ऋण में दिये जाने वाले अनुदान में भारी वृद्धि का निर्णय लिया गया

इससे पूर्व सैनिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा

राज्यपाल ने कहा कि केन्द्रीय सैनिक बोर्ड और राज्य सरकार की संस्थाओं में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जिससे पूर्व सैनिकों को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिले स्लग समीक्षा बैठक मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा है कि केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य मास्टर प्लान के अनुसार किया जाना है उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए समयबद्वता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये हैं देहरादून में पर्यटन सचिव और रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी के साथ केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यो की प्रगति की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने पुनर्निर्माण से सम्बन्धित सभी आवश्यक शासनादेश जल्द जारी करने के निर्देश दिये पर्यटन सचिव ने बताया कि केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य समयबद्व रूप से किया जा रहा है और इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है

आराकोट बेस कैम्प से प्रभावित गांवों आराकोट माकुड़ी टिकोची किराणु चीवां बलावट दुचाणु डगोली बरनाली गोक़ल मौंडा जोटाड़ी जाकटा थापली आदि गांवों में रसद सहित जरूरी सामान हर रोज भेजा जा रहा है बेस कैंप में भी पीड़ित परिवारों को जरूरी सामान दिया जा रहा हैं वहीं आन्तरिक पैदल मार्गो और लिंक रोड को दुरुस्त किया जा रहा है

कुछ गांवों में पेयजल व्यवस्था सुचारू कर दी गयी है

स्लग भवनों को नुकसान उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्र आराकोट में अतिवृष्टि के बाद आज पांचवें दिन भी रिथति सामान्य नहीं हो सकी है भूस्खलन की जद में आये भवनों के गिरने का सिलसिला जारी है हालांकि लोगों ने सुरक्षित स्थानों में आश्रय लिया हुआ है आपदा में कई ग्रामीणों को भारी नुकसान पहुंचा है उधर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने दून अस्पताल में भर्ती आराकोट त्यूनी मोरी और उनके आस पास के गांवों के आपदा पीड़ितों का हालचाल जाना मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा में अनाथ हुए अस्पताल में भर्ती दो बच्चों की आवश्यक देखभाल की व्यवस्था सरकार द्वारा की जायेगी उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद करेगी स्लग समीक्षा बैठक मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम की प्रगति की समीक्षा की मुख्य सचिव ने कहा कि यह बहुत ही उपयोगी योजना है इसका लाभ प्रत्येक पात्र को मिलना चाहिए जानकारी के अभाव में बहुत से लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं उन्होंने इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिये मुख्य सचिव ने कहा कि योजना को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस प्लान तैयार किया जाए उन्होंने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर भी जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं स्लग वन विभाग उपकरण हाईकोर्ट उत्तराखंड हाई कोर्ट ने वन विभाग में वनों को बचाने के लिए कर्मचारियों के पास जरूरतमन्द उपकरण उपलब्ध नहीं होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई की मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने मामले में प्रदेश और केंद्र सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है स्लग पशु क्रूरता बैठक बागेश्वर में अपने पशुओं को निराश्रित छोड़ने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक में नगर पालिका को पशुपालन विभाग के साथ मिलकर पशुओं के पंजीकरण की कार्रवाई जल्द संचालित करने के निर्देश दिये वर्तमान में निराश्रित पशुओं की संख्या को कम करने के लिए जिले के सभी पशुओं की टैगिंग करना जरूरी है साथ ही पशुओं के जन्म और मृत्यु के संबध में पंजीकाओं का निर्माण भी किया जाना आवश्यक है जिसमें संबंधित पशुओं के स्वामियों का विस्तृत रूप से उल्लेख हो उन्होंने पशु क्ररता के संबध में बनाये गये विभिन्न नियमों के बारे में बताने के लिए जनजागरूकता अभियान गोष्ठी और निबंध प्रतियोगिताओं आदि करने के निर्देश दिये

शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने एसिड अटैक विषय पर विस्तार से कानूनी जानकारी दी उन्होंने बताया कि एसिड अटैक की घटनाएं बढ़ती जा रही है इस घटना से महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित है उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता के तहत दोषियों को दंडित करने का प्रावधान है

उन्होंने बताया कि एसिड बिक्री पर प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट ने प्रतिबंध भी लगा रखा है शिविर में बताया गया कि कानून सभी के लिए बराबर है आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों से विधिक सेवा के तहत मुकदमा लड़ने के लिए कोई फीस नहीं ली जाती है स्लग हाईकोर्ट संडे बाजार नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून के परेड ग्राउंड और तिब्बती मार्केट के सामने लगने वाली सन्डे बाजार के मामले में सुनवाई करते हुए नगर निगम और सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है

करीब तीन सौ से अधिक लोग यहां दुकान लगाते हैं हर महीने नगर निगम को किराया भी दिया जाता है उनका कहना है कि नगर निगम द्वारा जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देते हुए उनको हटाया दिया गया है याचिका में कह गया है कि संडे बाजार लगाने से गरीब लोगों को सस्ते में सामान मिल जाता है और लोगों को रोजगार भी मिलता है

मुख्य चिकित्साधिकारी एसके झा ने बताया कि जल जनित बीमारी की रोकथाम के लिए कई उपाय किये जा सकते हैं उन्होंने बताया कि पानी में क्लोरीन की गोली डालकर इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्लोरीन की गोली सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिला चिकित्सालय में निशुल्क उपलब्ध है उन्होंने कहा कि पानी को उबालकर इस्तेमाल करें सप्ताह में एक बार घर की टंकी को जरूर साफ करे खाना खाने से पहले शौचालय इस्तेमाल करने के बाद और खाना बनाने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि जल जनित संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए घर का गन्दा पानी सड़क पर इक्ट्वा न होने दें